राज्यसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए हुए चुनाव में भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडेय ने जीत हासिल कर ली है सुश्री पांडेय ने कांग्रेस प्रत्याशी लेखराम साहू को पंद्रह मतों से पराजित किया मिली जानकारी के मुताबिक राज्यसभा चुनाव के लिए नब्बे विधायकों में से सतासी विधायकों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडेय को इंक्यावन और कांग्रेस प्रत्याशी लेखराम साह को छत्तीस मत मिले विधानसभा में आज सुबह नौ बजे से मतदान शुरू हुआ जो शाम चार बजे तक चला जोगी कांग्रेस के नेता और कांग्रेस से निष्कासित विधायक अमित जोगी तथा कांग्रेस के ही निलंबित विधायक आरके राय और सियाराम कौशिक ने मतदान नहीं किया गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद भूषणलाल जांगड़े का कार्यकाल दो अप्रैल को खत्म हो रहा है छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की पांच सीटें हैं तीन भाजपा के पास और दो कांग्रेस के पास है भाजपा से रणविजय सिंह जूदेव और रामविचार नेताम जबकि कांग्रेस से मोतीलाल वोरा और छाया वर्मा राज्यसभा सदस्य हैं उधर आज देश के सात राज्यों में राज्यसभा की छब्बीस सीटों के लिए मतदान हुआ राज्यसभा की अंठावन सीटों पर मतदान होना था जिनमें से दस राज्यों के तैंतीस उम्मीदवार पंद्रह मार्च को निर्विरोध चुन लिए गए थे इनमें केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर सहित सात केन्द्रीय मंत्री शामिल हैं मंत्रिमंडल निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आज छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक पार्क नीति दो हजार अट्ठारह को मंजूरी दी गई इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की अध्यक्षता में आज राजधानी रायपुर में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में आर्थिक विकास की गति को तेज करने और माल परिवहन को सुविधाजनक तथा कम खर्चीला बनाने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए लॉजिस्टिक पार्क नीति का अनुमोदन किया गया वहीं मंत्रिमंडल ने विधि और विधायी कार्य विभाग के तहत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का एक अन्य पद स्वीकृत करने का निर्णय लिया बालको आवंटन निरस्त राज्य सरकार ने बालको द्वारा स्थापित वेदांता मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन को कैंसर अस्पताल के लिए नया रायपुर में दी गई जमीन का आवंटन निरस्त कर दिया है

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मेडिकल रिसर्व फाउंडेशन के खिलाफ वर्तमान में प्रचलित गाइडलाइन्स के अनुसार चौंतीस करोड़ तीस लाख रूपये पेनाल्टी के बाद फिर से जमीन आवंटित किया जाए गौरतलब है कि राज्य शासन ने नया रायपुर में कैंसर अस्पताल शुरू करने के लिए बालको को एक रूपये की वार्षिक लीज पर पंद्रह एकड़ जमीन आवंटित की थी लेकिन जमीन आवंटन के सात साल बाद भी निर्माण कार्य नहीं हो पाया है सरकार और वेदांता मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन के बीच वर्ष दो हजार नौ में एमओयू हुआ था रेलवे जीआईएस पोर्टल भारतीय रेलवे अपनी संपत्तियों की निगरानी रखरखाव और प्रबंधन के लिए भौगौलिक सूचना तंत्र जी आईएस पोर्टल के उपयोग करने की योजना बना रहा है इसके लिए रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र सीआरआईएस के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं सीआरआईएस इस एप्लीकेशन को विकसित कर रहा है इसे एप्लीकेशन में भारतीय रेलवे की भूमि संबंधित योजनाओं को सेटेलाइट तस्वीरों के जरिये देखा जा सकता है रेलवे और इसरो के बीच विभिन्न चरणों में आपसी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं

यह बोनस राशि उन्हें इन लघ् वनोपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ मिलेगी प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों द्वारा इन संग्रहणकर्ताओं को समर्थन मूल्य के अतिरिक्त इस बोनस राशि का भुगतान भी उनके बैंक खातों में किया जाएगा वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में सभी कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिया गया है जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्र और राज्य की बोनस राशि को मिलाकर संग्राहकों को अब हर्रा पर ग्यारह रूपये ईमली पर पच्चीस साल बीज पर तेरह चिरौंजी गुठली पर एक सौ पांच क्समी लाख पर दो सौ और महआ बीज पर बाईस रूपये प्रति किलोग्राम की दर से राशि मिलेगी चैम्प्स व्यवस्था प्रदेश में किसानों को सुक्ष्म सिंचाई के यंत्र और अन्य कृषि उपकरण उपलब्ध कराने की व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और गतिशील बनाने के लिए चैम्प्स प्रणाली शुरू की गई है इसके लिए किसान चैम्प्स में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं छत्तीसगढ़ बीज और कृषि विकास निगम के चैम्प्स प्रकोष्ठ के प्रभारी डीडी मिश्रा ने बताया कि निगम द्वारा किसानों को अनुदान पर विभिन्न केंद्र प्रवर्तित और राज्य पोषित योजनाओं के तहत स्वचलित तथा शक्तिचलित कृषि उपकरण सिंचाई पम्प तथा सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत ड्रिप और स्प्रिकलर सिस्टम उपलब्ध कराने के लिए गुजरात की तर्ज पर चैम्प्स प्रणाली शुरू की गई है अंशदायी पेंशन योजना राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि अंशदायी पेंशन योजना के अभिदाताओं का वेतन समय पर जमा या भूगतान नहीं होने पर ब्याज की वसूली संबंधित अधिकारी और कर्मचारी से की जाए वित्त विभाग के प्रमुख सचिव अमिताभ जैन ने राज्य के सभी विभाग प्रमुख राजस्व मंडल कमिश्नर और कलेक्टरों को भेजे पत्र में कहा है कि सभी कर्मचारियों को वेतन भुगतान महीने के आखिरी दिन निश्चित रूप से करने का आदेश जारी किया गया है लेकिन वेतन निकालने और भुगतान को लेकर कई अधिकारी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से नवीन अंशदायी पेंशन योजना के सदस्यों का मासिक अंशदान देरी से जमा होता है और कर्मचारियों को उस महीने का ब्याज नहीं मिलता है उन्होंने पत्र में यह भी लिखा है कि वेतन में देरी के लिए आहरण और संवितरण अधिकारी दोषी हैं ऐसे में कर्मचारियों को होने वाली ब्याज हानि की वसूली उस अधिकारी के वेतन से किया जाए

घायल जवानों को भोपालपटनम के अस्पताल में भर्ती कराया गया है मिली जानकारी के मुताबिक भोपालपट्नम थाना से सुरक्षा बलों की टीम सर्चिंग के लिए निकली थी इसी दौरान उल्लूर के पास माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से दो जवान घायल हो गए इस बीच इसी जिले में सुरक्षा बलों की टीम ने सात माओवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जिले के बासागुड़ा थाना क्षेत्र से सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल की टीम सर्चिंग पर निकली थी इस दौरान छह माओवादियों को गिरफ्तार किया गया वहीं जांगला थाना क्षेत्र में एक अन्य माओवादी को गिरफ्तार किया गया इन माओवादियों के पास से एक डेटोनेटर वायर बैटरी सिलेंडर बम बनाने का सामान और पिट्ठू बरामद किया गया है

पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है वहीं बस्तर जिले के दरभा क्षेत्र में भी पुलिस ने दो गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है उनके पास से साठ किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है कोरिया जिले में बैकुंठपुर रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर को आज से अचानक बंद कर दिया गया है राजधानी रायपुर के बुढ़ातालाब चौक के पास आज एक दकान में आग लगने से लाखों रूपये के नुकसान की आशंका है